लोकसभा ने मानव तस्करी निषेध विधेयक दो हजार अठारह पारित किया

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान राज्य सरकार ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय से मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह किया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद् में कहा कि इस मामले में पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही थी अभी तक ग्यारह आरोपियों में से दस को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में भ्रम फैला रहा था इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की मंशा किसी को बचाने और फंसाने की नहीं है प्रवर्तन निदेशालय ने मुंगेर के कुख्यात अपराधी भरत यादव की बिहार और झारखण्ड स्थित लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है जब्त संपत्तियों में मुंगेर और देवघर स्थित होटल के अलावा मुंगेर और जमालपुर में चार प्लॉट और दो मकान शामिल हैं ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है भरत यादव के खिलाफ लूट हत्या डकैती रंगदारी और अपहरण के कुल सत्ताईस मामले दर्ज हैं लोकसभा ने मानव तस्करी निषेध और पुनर्वास विधेयक दो हजार अठारह पारित कर दिया है विधेयक में मानव तस्करी की रोकथाम बचाव और तस्करी के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रावधान है इसमें मानव तस्करी के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी निरोधक ब्यूरो की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से भारत दक्षिण एशिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जायेगा जिसमें व्यक्तियों विशेष कर महिलाओं और बच्चों की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिये सख्त कदम उठाये गये हैं राज्यसभा ने चेक बाउंस के दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने की व्यवस्था करने वाले द निगोसिएशन इन्सट्रूमेंटस् संशोधन विधेयक दो हजार अठारह को पारित कर दिया है इसके प्रावधान के अनुसार चेक बाउंस होने के बाद मामला अदालत में जाने पर इसको जारी करने वाले व्यक्ति को बीस प्रतिशत राशि का भुगतान चेक प्राप्तकर्ता को अदा करना होगा चेक बाउंस होने का दोषी सिद्ध होने पर दो वर्ष की जेल का भी प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख इकतीस अगस्त तक बढ़ा दी है इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख इकतीस जुलाई तक निर्धारित थी वस्तु और सेवा कर लागू होने के बाद प्रदेश में राजस्व संग्रह सात सौ तिरानवे करोड़ रूपये बढ़ा है विधानसभा में वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में दो हजार पांच सौ छियानवे करोड़ पचपन लाख रूपये राजस्व के रूप में संग्रह किये गये थे जो इस तिमाही में बढ़कर तीन हजार तीन सौ नवासी करोड़ छिहत्तर लाख रूपये हो गये हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट सहित अन्य कानूनों में बदलाव के खिलाफ प्रदेश के सभी सरकारी और निजी चिकित्सक कल काम का बहिष्कार करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा के सचिव डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार ने कहा कि सरकार नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट लाकर डॉक्टरों को बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रही है बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुये सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के बहिष्कार का फैसला किया है इस दौरान इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुयी अच्छी बारिश से सूखे की आशंका को लेकर परेशान किसानों की उम्मीदें बढ़ गयी हैं अगले दो तीन दिनों तक अच्छी बारिश हो जाती है तो खेतों में रोपनी शुरू हो जायेगी मौसम विभाग ने भी अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार पटना से पश्चिम बंगाल तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना और आसपास के इलाकों में लगभग बाईस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी शेखपुरा और किशनगंज में ग्यारह ग्यारह मिलीमीटर सारण में आठ रोहतास पूर्वी चंपारण और भोजपुर में छह से सात तथा जहानाबाद जमुई नालंदा और समस्तीपुर में चार से पांच मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी प्रदेश के संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति की कल पटना में अंतिम बैठक हुयी समिति के अध्यक्ष ए के चौधरी की अध्यक्षता में हुयी इस बैठक में संविदाकर्मियों को स्थायी करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी बारह अगस्त को कार्यकाल पूरा होने से पहले समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप देगी शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पांच अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है वहीं सीतामढ़ी और अररिया जिले में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिये बीस अगस्त तक का समय दिया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह ने यह जानकारी दी प्रदेश के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आज से पटना के ज्ञान भवन में शुरू हो रही है राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एस के सिंह ने बताया कि निर्धारित तिथि और पाली में शामिल होना अनिवार्य है छात्रों को दोबारा अवसर नहीं दिया जायेगा काउंसिलिंग के समय छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति आरक्षण में दावेदारी से संबंधित प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिये आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी अपने वेबसाईट पर अपलोड कर दी है परीक्षार्थी दस अगस्त तक उत्तरों पर अपनी आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य के साथ आयोग कार्यालय को सौंप सकते हैं राज्य सरकार ने कटिहार के अपर समाहर्ता मोहम्मद जफर रकीब को अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में निलंबित कर दिया है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके लिये सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दायित्व सौंपा है मधेपुरा जिले के सदर प्रखण्ड के गोसाईं टोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से एक सौ चालीस बच्चे बीमार हो गये इस मामले में जिलाधिकारी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है जबकि रसोईया को चयनमुक्त कर दिया गया है पटना के फतुहा स्थित एक निजी विद्यालय के छात्रावास में एलकेजी के एक छात्र की हुयी हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू को रिमांड पर लेने के लिये कोर्ट में अर्जी दाखिल की है सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण आज रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट से शुरू होगा चंद्रग्रहण की अवधि तीन घंटे चौवन मिनट तक रहेगी खगोलविदों के अनुसार इस दौरान आसमानी आतिशबाजी के रूप में जलती हुयी चमकदार उल्काएँ दिखेंगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की महिला चयन समिति ने बिहार की अपूर्वा कुमारी और प्रिंयका कुमारी का अंडर नाईटीन एनसीए कैम्प के लिये चयन किया है सारण जिले में चलाये गये वाहन जांच अभियान के दौरान नगर थाना क्षेत्र के कचहरी मोड़ के पास से पुलिस ने हथियारों के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के बखरी प्रखण्ड के राटन पंचायत में जीविका से जुड़े दस स्वयं सहायता समूहों के बीच नौ लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान लिखता है बालिका गृह कांडः सीबीआई जांच की सिफारिश दैनिक जागरण ने समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पति दोषी हुये तो दूंगी इस्तीफा दैनिक भास्कर की सुर्खी है फौज की मदद से सत्ता तक पहुंचे इमरान को कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर एतराज प्रभात खबर लिखता है विधायक और विधान पार्षद अब हर साल कर सकेंगे तीन करोड़ खर्च राष्ट्रीय सहारा की खबर है सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण आज आज की सुर्खी है टोला सेवकों की बहाली में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण

लोकसभा ने मानव तस्करी निषेध विधेयक दो हजार अठारह पारित किया

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान